प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के राजकोट में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की आधारशिला रखी

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार देश में आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा के स्तर में सुधार लाने पर मिशन मोड पर काम कर रही है उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के गठन के बाद देश में आयुर्विज्ञान शिक्षा के स्तर में काफी सुधार आएगा

प्रधानमंत्री ने कहा ये साल पूरी दुनिया के लिए स्वास्थ्य के रूप में अभूतपूर्व चुनौतियों का साल रहा है

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में लगभग सात हजार जन औषधि केन्द्र गरीबों को बहुत ही कम कीमत पर दवाईयां उपलब्ध करा रहा है उन्होंने कहा कि सुरक्षित मातृत्व अभियान ने गर्भवती महिलाओं को रैग्युलर चौकअप के लिए प्रोत्साहित किया है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कोरोना संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं और कोविड टीका लगाने की तैयारियां जोर शोर से जारी है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

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इस तैयारी के लिए आज राज्यों के स्वास्थ्य सचिव और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की बैठक के बाद बताया गया कि सभी राज्यों की राजधानियों में कम से कम तीन स्थानों पर टीकाकरण का अभ्यास किया जाएगा कुछ राज्यों में चुनिंदा जिलों में भी यह अभ्याास किया जाएगा महाराष्ट् और केरल में राजधानी के अलावा यहाँ के सभी बड़े शहरों में भी टीकाकरण का अभ्यास किया जाएगा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

राज्य के विभिन्न हिस्सों में होने वाले अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में भी यह शर्त लागू रहेगी नववर्ष समारोहों और कोविड महामारी के मद्देनजर देशभर के प्रमुख स्थानों पर रात का कर्फ्यू लागू रहेगा हालाँकि झारखण्ड में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा नववर्ष के समारोहों में लोगों के एकत्र होने को रोकने के लिए नई दिल्ली में आज और कल रात का कर्फ्यू लगा दिया जाएगा सार्वजनिक स्थलों पर एक स्थान पर पांच लोगों से अधिक के जमा होने पर रोक रहेगी

हालांकि कर्फ्यू के दौरान लोगों और वस्तुओं की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा

नई दिल्ली में कल किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ केन्द्र सरकार की छठे दौर की बातचीत सम्पन्न हुई बैठक में केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर पीयूष गोयल और सोम प्रकाश शामिल हुए बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि बातचीत अच्छे वातावरण में सकारात्मक रूप से संपन्न हुई कृषि मंत्री ने किसान नेताओं को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए दोनों पक्षों को कदम आगे बढाने की जरूरत है श्री तोमर ने कहा कि दिल्ली में कड़ाके की ठंड को देखते हुए किसान नेताओं से बुजुर्गों महिलाओं और बच्चों को वापस घर भेजने का अनुरोध किया गया है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एग्री इंडिया हैकथॉन के पहले संस्करण का शुभारंभ किया इसका आयोजन कृषि विभाग एवं पूसा कृषि आईसीएआर आईएआरआई द्वारा किया जा रहा है इस अवसर पर कृषि मंत्री ने बताया कि एग्री इंडिया हैकथॉन कृषि क्षेत्र में संवाद बनाने और नवाचारों में तेजी लाने के लिए सबसे बड़ा ऑनलाइन कार्यक्रम है कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इनोवेशन व स्टार्टअप्स गांव गांव पहुंचने से छोटे किसानों का कल्याण होगा और खेती के क्षेत्र में बड़ा सकारात्मक बदलाव आएगा उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन से कृ षि क्षेत्र की ताकत बढ़ेगी देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित टोल प्लाजा पर टोल का भुगतान करने के लिए फास्टैग लगवाने की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है अब पंद्रह फरवरी तक चार पहिया वहनों पर फास्टैग लगवाया जा सकेगा इससे पहले एक जनवरी ही आखिरी तारीख थी यात्रियों को फास्टैग लगाने के बाद टोल प्लाजा पर नकद भुगतान के लिए रूकना नहीं पड़ेगा

देश में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सभी टोल प्लााजा पर अनिवार्य रूप से और तीस हजार से अधिक अन्य जगहों पर फास्टैग बिक्री के लिए आसानी से उपलब्धं हैं फास्टैग को अमेजन फ्लिपकार्ट और स्नैबपडील के माध्याम से ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है सीबीएसई बोर्ड की दसवीं और बारहवीं की परीक्षाएं चार मई से शुरू होंगी केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज परीक्षा की तारीखों की घोषणा की ये परीक्षाएं दस जून तक चलेंगी पंद्रह जूलाई को रिजल्ट घोषित किया जाएगा रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आज आईआरसीटीसी की अपग्रेडेड वेबसाइट और मोबाइल एप का उद्घाटन किया इस सुविधा से यात्रियों द्वारा ऑनलाइन टिकट बुक कराना पहले की अपेक्षा अधिक आसान होगा रेल मंत्री के इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण धनबाद रेलवे स्टेशन पर भी किया गया

इस अवसर पर राज्यपाल द्रोपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेंमत सोरेन भी मौजूद रहेगें नगरीय प्रशसन निर्देशालय की निदेशक विजया यादव ने आज एक प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी उन्होंने बताया कि इस परियोजना के तहत अवासों के निर्माण मे नवीनतम तकनीकों को अपनाया गया है इस तहत एक हजार आठ अवासों का निर्माण किया जाएगा प्रत्येक घर तीन सौ पंद्रह वर्गफीट के होंगे

इस मौके पर उन्होंने जरूरतमंदों के बीच कम्बल भी बांटे इस अवसर पर मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार जल्द ही साठ साल और उससे अधिक उम्र के लोगों को वृद्धा पेंशन का लाभ देगी लोहरदगा जिले के उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो ने कहा है कि सुद्रवर्ती इलाकों की महिलाओं को भी सखी वन स्टॉप सेंटर की जानकारी होनी चाहिए इससे महिलाओं को काफी लाभ मिलेगा श्री टोप्पो आज निर्भया फण्ड के अंतर्गत सखी वन स्टॉप सेंटर योजना की समीक्षा कर रहे थे बैठक में उपायुक्त ने निर्देश दिया कि इस योजना की जानकारी जिले के सुदूरवर्ती इलाकों तक पहुंचाई जाए देवघर जिले के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर जिले के असहाय और गरीब परिवारों की सुविधा को लिए कपड़ों का बैंक स्थापित किया गया है बढ़ती ठण्ड को देखते हुए जिले के इंडोर स्टेडियम में गरीबों के लिए कपड़ों की व्यवस्था की गयी है इसी कड़ी में उपायुक्त ने आज एक वेबपोर्टल की भी श्रुआत की जिसकी सहायता से कोई भी व्यक्ति घर बैठे ही गर्म और पुराने कपड़े दान के रूप में जिला प्रशासन को दे सकता है लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में कार सवार एक डॉक्टर की मौत हो गई जबकि कार में बैठे तीन लोग जख्मी हो गए इनमें से दो की स्थिति गंभीर बनी हुई है और उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची स्थित रिम्स रेफर किया गया है पुलिस ने बेताया कि बीती रात यह दुर्घटना हुई मृतक डॉक्टर बालूमाथ के मुरपा मोड़ स्थित एक निजी अस्पताल के संचालक डॉक्टर एके शर्मा थे

श्री किंडो का जन्म सिमडेगा जिले के क्रडेग प्रखंड में हुआ था उनके निधन पर हॉकी झारखंड के पदाधिकारियों ने शोक जताया है देवघर जिले की पुलीस ने आज अठारह साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है जिले के पूलिस अधीक्षक अश्विनी सिन्हा ने बताया कि इन अपराधियों के पास से इक्कीस मोबाईल फोन तीस सिम कार्ड पांच एटीएम कार्ड आठ पासबुक तीन चेक बुक दो मोटरसाइकिल और तीन वाहन बरामद किए हैं चतरा जिले के इटखोरी से पुलिस ने आज चार तस्करों को गिरफ्तार किया है

गिरफ्तार लोगों में एक महिला भी शामिल हैं जो जिले के बिजली कार्यालय में कार्यरत है

विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पहली जनवरी को सुबह में कुहासा होगा लेकिन दिन भर आकाश साफ बना रहेगा हालांकि दो से पांच जनवरी को आकाश में बादल छाये रहेंगे इस दौरान न्यूनतम तापमान में वृद्धि हो सकती है